उन्होंने आज सुबह कार्यभार संभाला

मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में उनका कार्यकाल ढाई वर्षो का होगा और अगले वर्ष के आम चुनाव उनकी देखरेख में ही कराए जाएंगे कार्यभार संभालने के बाद श्री अरोड़ा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता देश में भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराना है भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री अरोड़ा सूचना और प्रसारण मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में सचिव के अलावा इंडियन एयरलाइन्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर भी कार्य कर चुके हैं

इंदौर में नेहरू स्टेडियम में बनाये गये स्ट्रांग रूम में तीन स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है कलेक्टर कार्यालय में कल हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में ईवीएम तथा वीवीपैट की सुरक्षा को लेकर बताया गया कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ एसएएफ तथा पुलिस बल द्वारा तीन स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है बैठक में अपर जिला कलेक्टर निधि निवेदिता ने स्ट्रांग रूम के संबंध में निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा निर्देशों की जानकारी दी

उधर सतना में मतगणना स्थल पर बनाये गये स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में आईटीबीपी और प्रदेश पुलिस के जवान तैनात हैं

हालांकि रबी के लिए पंजीयन जनवरी र्क पहले सप्ताह में शुरू होगा कल भोपाल स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हई खाद्यान्न उपार्जन और उर्वरक वितरण की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई इस मौके पर उपार्जन के लिये बनाये गये केन्द्र उनमें की गई व्यवस्थाओं तथा उर्वरकों के भंडारण की भी जानकारी दी गई

वहीं गेहूं की बोनी अभी चल रही है

इस दौरान शहर में स्थित बीएसएफ के दोनों केन्द्रों केन्द्रीय आयुध और युद्ध कौशल विद्यालय सीएसडब्लूटी और एसटीसी सुबह खेल प्रतियोगिताएं हुई तो शाम को गायन नृत्य कविता पाठ और फैशन शो आयोजित किये गये इस मौके पर बीएसएफ आईजी आर सी ध्यानी ने आकाशवाणी से बात की

जिसमें आपसी सुलह से बैंक रिकवरी मोटर दुर्घटना क्षतीपूर्ति दावा वैवाहिक प्रकरण जल कर बिजली चोरी जैसे मामले सुलझाये जायेंगे

जिन्हें आज उनके मालिकों को लौटा दिया